राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का आज राज्यसभा में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का लक्ष्य बारह करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए कई सुधारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष दो हजार चौदह में फसल बीमा योजना के दायरे को बढ़ाया जिसके तहत छोटे किसानों को नब्बे हजार करोड़ रुपये दिए गए उन्होंने यह भी कहा कि लगभग एक लाख पंद्रह हजार करोड़ रुपये देश में किसानों के खातों में सीधे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हस्तांतरित किए गए हैं प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नये कृषि कानून किसी भी तरह से कृषि उपज विपणन समितियों को कमजोर नहीं करेंगे मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने अधिक प्रतिस्पर्धी होगी किसान बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है

राज्यपाल राष्ट्रपति मुलाकात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सौजन्य मुलाकात की उन्होंने राष्ट्रपति को कोरोना संकट काल के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यो का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया राज्यपाल ने श्री कोविंद को बताया कि प्रदेश के अधिकारियों सामाजिक संगठनों और रेडक्रॉस सोसायटी जैसी संस्थाओं ने कोरोना संकट से निपटने में अपनी सार्थक भूमिका निभाई इसके अलावा सुश्री उइके ने राष्ट्रपति के साथ छत्तीसगढ़ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की राज्यपाल सुश्री उइके ने आज अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी सौजन्य मुलाकात की इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री को कोरोना काल में किए गए कार्यो पर आधारित पुस्तिका कोरोना काल में राज्यपाल की भूमिका भेंट की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राज्यपाल से कहा कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी अनुसूचित जाति जनजाति तथा जरूरतमंद लोगों को मिलें और वे लाभान्वित हों

इस संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर संतानवे दशमलव तीन आठ प्रतिशत हो गई है छत्तीसगढ़ में बीते चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के सिर्फ एक सौ छियासी नए मामले सामने आए हैं वहीं दो लाख निन्यानवे हजार से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं प्रदेश में फिलहाल कोरोना संक्रमित करीब चार हजार तीन सौ लोगों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है इस बीच राज्य में अब तक करीब एक लाख अड़सठ हजार स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है राज्य में बीते दो दिनों से राजस्व विभाग के अधिकारियों और महिला तथा बाल विकास विभाग के कार्यकर्ताओं का भी कोरोना टीकाकरण शुरू कर दिया गया है पहले चरण में प्रदेश में दो लाख सड़सठ हजार स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ ब्लॉक में बयानवे प्रतिशत फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाया जा चुका है विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरआर ध्र्व ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे दौर का टीकाकरण कार्य शुरू हो गया है श्री ध्र्व ने सभी चयनित कोरोना वॉरियर्स को केन्द्र में पहंचकर टीकाकरण का लाभ उठाने की अपील की है उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद किसी भी केन्द्र से साइड इफेक्ट की शिकायतें या किसी तरह की समस्याएं सामने नहीं आई हैं

साथ ही जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों और अपर कलेक्टरों को भी टीका लगाया गया जिले में अब तक साढ़े ग्यारह हजार से अधिक फ़ंटलाइन वर्कर्स और अधिकारियों कर्मचारियों को टीके लगाए जा चुके हैं इधर धमतरी जिले में भी दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू हो चुका है राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डीके तुर्रे ने बताया कि जिले में स्थापित सभी चौदह केन्द्रों में टीकाकरण किया जा रहा है उधर बलरामपुर जिले में आज कलेक्टर श्याम धावड़े ने जिला चिकित्सालय में कोरोना का टीका लगवाया उन्होंने बताया कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी बारी आने पर बिना डरे निश्चिंत होकर टीका लगवाएं वहीं जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज कोरोना टीका लगवाकर टीकाकरण के दूसरे चरण का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है अपनी बारी आने पर स्वेच्छा से टीकाकरण केन्द्र आकर टीका लगवाएं इसी तरह महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह ने भी जिला अस्पताल के टीकाकरण केन्द्र में टीका लगवाया मुख्यमंत्री असम प्रवास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज असम प्रवास के दूसरे दिन जोरहाट में असम के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की इस दौरान श्री बघेल ने उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में चाय की खेती बांस और लघु वनोपज आधारित उद्योगों की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों को नई सहूलियतें देने के लिए नई उद्योग नीति बनाई गई है राज्य में लघु वनोपज के साथ ही बागवानी फसलों के लिए अच्छी संभावनाएं हैं उन्होंने उद्योगपतियों को चाय और बांस आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उन्हें हरसंभव मदद और प्रोत्साहन दिया जाएगा पंचायती राज एमओयू पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से प्रदेश की हर पंचायत से जुड़ी जानकारी और आंकड़े संकलित कर उनका डिजिटाइजेशन करेगी पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव की उपस्थिति में आज रायपुर में पंचायत विभाग के संचालक मोहम्मद कैसर अब्दुल हक और आईसीआईसीआई बैंक के पूर्वी जोन के प्रमुख प्रवीण त्रिवेदी ने इस संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर किए एमओयू के तहत आईसी आईसीआई बैंक पंचायती राज संस्थाओं में सूचना तकनीक अधोसंरचना विकास के लिए भी काम करेगा इस मौके पर श्री सिंहदेव ने कहा कि डिजिटाइजेशन से योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक और ग्रामीणों की जरूरतों के बारे में तेजी से जानकारी मिल सकेगी लोगों की आमदनी आर्थिक स्तर परिवार तथा कल्याणकारी योजनाओं से माली स्थिति में सुधार संबंधी सटीक जानकारी मिलने से उनके लिए उपयोगी योजनाएं बनाने में भी इससे सहायता मिलेगी उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में सालाना कम से कम सत्तर लाख रूपये से एक करोड़ रूपये तक के काम कराना सरकार का लक्ष्य है माओवादी समाचार दक्षिण बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान चलाकर माओवादियों के दो कैम्पों को ध्वस्त कर दिया है मिली जानकारी के अनुसार ये कैम्प दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित ताकीलोड के जंगल में थे इस कार्रवाई को डीआरजी एसटीएफ सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और स्थानीय पुलिस बल ने मिलकर अंजाम दिया ये कैम्प उस समय ध्वस्त किए गए जब सुरक्षा बलों का यह दल बारसूर मैरमगढ़ इलाके में तलाशी अभियान चला रहा था मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है वहीं सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए बारह सौ से अधिक स्पाइक्स बरामद किए हैं हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे इस दौरान किस्टारम के पोटकपल्ली इलाके में पांच सौ तीन नग स्पाइक के अलावा अलग अलग स्थानों से आज कुल बारह सौ स्पाइक्स बरामद किए गए इस बीच बीजापुर जिले में कल आईईडी विस्फोट में घायल हुए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ का जवान शहीद हो गया है जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि तर्रेम थाना क्षेत्र से एरिया डोमिनेशन के दौरान सीएएफ का जवान मोहन नाग प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गया था घायल जवान को बासागुड़ा में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया शहीद जवान मोहन नाग का आज कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में स्थित गृहग्राम बड़ेडोंगर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इस मौके पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे सड़क दुर्घटना झारखंड से संगम के लिए प्रयागराज जा रहा एक चारपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया इस हादसे में छत्तीसगढ़ निवासी एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई वहीं पांच अन्य लोग घायल हो गए हैं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है बताया जाता है कि सूरजपुर जिले के भैयाथान थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पलमा निवासी सात लोग एक वाहन में सवार होकर प्रयागराज संगम में स्नान के लिए जा रहे थे इस दौरान मेजारोड पावर हाउस के पास उनका वाहन अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराया खेल समाचार कांकेर में आयोजित राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब भिलाई हुड़को की महिला टीम ने अपने नाम कर लिया है कल हुए फाइनल मुकाबले में भिलाई की टीम ने रायपुर को पच्चीस तेईस और पच्चीस दस से हराया इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भिलाई ने छत्तीसगढ़ पुलिस वॉलीबॉल टीम को हराया था ग्रामीण कार्रवाई विरोध महासमुंद जिले में कोमाखान थाना का घेराव करने जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने कादाजरी नाले के पास ही रोक दिया ये ग्रामीण पिछले साल अवैध शराब के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद सात ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने का विरोध कर रहे हैं इस मामले में तीन ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है गृह मंत्री बैठक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज बिलासपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली इस दौरान उन्होंने नगर निगम द्वारा सड़कों की खुदाई के बाद मरम्मत का कार्य शीघ्र करने को कहा ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो

मौसम उत्तर भारत से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी है वहीं सरगुजा और बस्तर संभाग में शीतलहर चल रही है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी एक दो दिनों में राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट आने के बाद कई स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है

चयन सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है

वे पचयासी वर्ष के थे

इस आगजनी में करीब सैंतालीस लाख रूपये की शराब जलकर खाक हो गई

इसके लिए पच्चीस फरवरी तक पंजीयन किया जाएगा